इसका उद्देश्य आम आदमी तक आसानी से किफायती और विश्वसनीय बैंक सेवाएं उपलब्ध कराना है यह भारतीय डाक विभाग का नेटवर्क होगा और देश के हर कोने में तीन लाख से अधिक पोस्टमेन और ग्रामीण डाक सेवक के रूप में काम करेंगे इससे देश के दूरदराज इलाकों में रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा

इन बैंको में बचत खाता चालू खाता पैसा भेजने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था बिलों का भुगतान तथा उद्यमों और व्यापार भुगतान जैसी सुविधाएं होंगी

भोपाल में इसका औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे वहीं इंदौर में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन टीकमगढ़ में केन्द्रीय मंत्री महिला एव बाल विकास राज्यमंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार विदिशा में विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर जबलपुर में वित्त मंत्री जयंत मलैया ग्वालियर में उच्च शिक्षा एव लोक प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्र उद्घाटन करेंगे

खेल शरीर और बुद्धि को प्रखर करते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास किया करता है मुख्यमंत्री सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील के लाड़कुई गांव में आयोजित मिल बॉचें मध्यप्रदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे इसी तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जिलों में भी हुये रीवा में कभिश्नर महेशचंद्र चौधरी ने विद्यार्थियों से संवाद किया जबलपुर में व्यौहार बाग कन्याशाला की छात्राओं से कलेक्टर छवि भारद्वाज रूबरू हुई सतना में कलेक्टर मुकेश शुक्ला बच्चों की क्लास में पहुंचें ग्वालियर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सफलता के मंत्र दिये पन्ना में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की रोचक जानकारी दी गई वहीं विदिशा टीकमगढ़ शिवपुरी कटनी खंडवा धार खरगोन बड़वानी डिंडौरी अनूपपुर शहडोल नीमच देवास नरसिंहपुर छतरपुर मुरैना और रायसेन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मिल बॉचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम के आयोजन के समाचार मिलें हैं मानव अधिकार आयोग मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग कल राजगढ में मानवाधिकार हनन की घटनाओं की सुनवाई कर प्रकरणों के निराकरण करेगा आयोग द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में सुनवाई की जायेगी सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी और सरबजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे हादसा शिवपुरी जिले में आज सुबह एक निजी यात्री बस पलटने से सात यात्री घायल हो गए बदरवास पुलिस सूत्रों ने बताया कि आगरा मुंबई फोरलेन मार्ग पर आज सुबह कानपुर से गुजरात जा रही एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई

महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है श्रीमती चिटनिस एक सितम्बर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण माह के लिए बुरहानपुर से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात कर रही थीं उन्होंने कहा कि थिंक ग्लोबल ईट लोकल की अवधारणा के अनुसार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहज सुलभ और सस्ती पोषक खाद्य सामग्री रोजमर्रा के भोजन में शाभिल करने के लिये जन सामान्य को प्रेरित करने की आवश्यकता है

हर्षिता तोमर ने जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स के सेलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने हर्षिता की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं के माध्यम से खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे है मध्यप्रदेश सेलिंग अकादमी की हर्षिता तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्वर्ण पदक तथा एक कांस्य पदक हासिल किया है फसल पंजीयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की फसलों के पंजीयन का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाये और पंजीयन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक रहे जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो श्री चौहान आज भोपाल में स्टेट हैंगर पर फसल पंजीयन कार्य की राज्य स्तरीय समीक्षा कर रहे थे

नेशनल लोक अदालत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आठ सितम्बर को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है इन अदालतों में बैंक रिकवरी संबंधी मामले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण वैवाहिक प्रकरण और दूसरे सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा लोक अदालत में जलकर सम्पतिकर और विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट भी दी जायेगी जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा एक और दो सितम्बर को सीधी सिंगरौली और शहडोल जिले में पहुंचेगी

वहीं दो सितम्बर को रीवा जिले के चितरंगी में जनता को संबोधित करेंगे मौसम प्रदेश में महाकौशल के जबलपुर संभाग सहित चार अन्य संभागों में कल सुबह तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार राज्य के महाकौशल अंचल में आने वाले जबलपुर संभाग के अनेक जिलों सहित रीवा सागर शहडोल और होशंगाबाद संभाग के जिलों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बौछारें पड़ सकती है इसके अलावा प्रदेश के शेष जिलों में भी वर्षा या गरज चमक के बारिश या बौछारें पड़ सकती है आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

वहीं राज्य की राजधानी भोपाल में अनेक स्थानों पर रूक रूककर हल्की बारिश हो रही

जिसमें कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धूर्वे ने हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये

बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया